कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है लेकिन होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महामारी से बचाव को लेकर जारी एसओपी का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण कोरोना काल में ही पूरा किया गया है जय राम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी के साथ फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से पहले की तरह लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक तत्परता के साथ कार्य करने को कहा उन्होंने कहा कि यैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव करेगी लेकिन लोगों को मास्क का उपयोग परस्पर दूरी और सेनेटाईजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के गंज बाजार में ओपन जिम के श्भारम्भ अवसर पर ये बात कही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के जिस वार्ड में स्थान उपलब्ध होगा वहां जिम का निर्माण किया जाएगा सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर के विकास में स्थानीय लोग व पार्षद एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और इस मामले में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता इस बीच शहरी विकास मंत्री ने रामबाजार में पार्षद भवन का उदघाटन भी किया उन्होंने राम व गंज बाजार में पुराने भवनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने सब्जी मण्डी का औचक निरीक्षण कर विभाग के अधिकारियों को नियमित सफाई रखने को भी कहा

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी जिले के पंडोह में जलशक्ति और लोग निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मिशन के तहत भौतिक व वित्तीय प्रगति तथा निधि उपयोग की बेहतर क्षमता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये राशि प्रदान की गई है

मुख्यमंत्री ने हिमाचल को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री का आभार जताया है

सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गम्भीर बीमारी की शर्त को हटा दिया है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी यदि किसी व्यक्ति ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी अनुराग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई उन्होंने दिल्ली स्थित संसद के एनैक्सी भवन में ये टीका लगवाया

उन्होंने देशवासियों को कोविड से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध भी किया एमओयू अंतर्राज्यीय आवाजाही व परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया हिमाचल परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके पंत और उत्तर प्रदेश में प्रधान सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच सामाजिक व आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच और अधिक बस रूट चलाए जाएंगे इस अवसर पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव घनश्याम चंद भी मौजूद रहे कांग्रेस शिमला शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में भाजपा पार्षद ने झूठा शपथ पत्र देकर न्याय व्यवस्था की अवमानना की है जबकि सरकार द्वारा उन्हें पूरा संरक्षण दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार आरटीआई में भी गलत और झूठी सूचनाएं दे रही है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज इसकी घोषणा की

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है